अरुणाचल प्रदेश के एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांकी दारांग ने संवादाताओं को बताया कि अभी भी दूर दराज के इलाकों से पोलिंग टीमे पहुंच रही है इसलिए मतदान प्रतिशत में और बढ़ोत्तरी हो सकती है

उन्होंने बताया कि कुरुंग कुमे क्रा दादी लोंगडिंग और ईस्ट कामेंग जिले से मुख्य रुप से मामले दर्ज हुए हैं श्री गर्ग ने बताया कि कुरुंग कुमे जिले के संग्राम पुलिस स्टेशन के प्रभारी के आवास पर हमले और मजिस्ट्रेट के वाहन को नुकसान पहुंचाने का मामला चुनाव ड्यूटी से जुड़ा हुआ है और इसकी जल्द जांच करायी जायेगी उन्होंने बताया कि लोंगडिंग पुमाव विधानसभा क्षेत्र से एनपीपी के उम्मीदवार थांगवांग वांगहम पर हमले के मामले की जांच डीआईजी और लोंगडिंग जिले के एसपी द्वारा की जा रही है और राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है राजधानी क्षेत्र के पोलो कॉलोनी नाहरलगुन में कल एक आग द्र्घटना में छह दुकानों को नुकसान पहुंचा है अग्निशमन वाहनों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग दुर्घटना पर काबू पा लिया स्थानीय लोगों के अनुसार यह दुर्घटना इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण हुई हालांकि जांच के बाद ही सही कारणों का पता चल पायेगा प्रभावित दुकानदारों ने प्रशासन से राहत सहायता मुहैय्या कराने और इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय जांच कराने की अपील की है बाबा साहेब डॉ बी आर अंबेडकर के एक सौ अट्ठाईसवें जन्म दिवस के मौके पर प्रसार भारती की ओर से नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉ अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई

डॉ सूर्य प्रकाश ने कहा कि इंटरनेट आने से पहले के दौरे में बाबा साहेब ने भारतीय संविधान तैयार करने में जिस तरह का शोध कार्य किया वह वास्तव में असाधारण है उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता में बाबा साहेब का योगदान सही अर्थों में अतुलनीय है प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति दूरदर्शन की महानिदेशक सुप्रिया साहू और आकाशवाणी के महानिदेशक एफ शहरयार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे राष्ट्र जलियांवाला बाग नरसंहार के सौ वर्ष पूरे होने पर शहीदों को नमन कर रहा है अमृतसर में अंग्रेजी शासन के दौरान जलियांवाला बाग में तेरह अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस को बैसाखी वाले दिन हुए गोलीकांड के सौ वर्ष पूरे होने पर शहीद होने वाले कसूर लोगों को श्रद्दांजलि दि जा रही है इसी कड़ी में कल शाम ऐतिहासिक टाउनहाल से जलियांवाला बाग स्मारक तक कैंडल मार्च भी निलाका गया जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए और इन्कलाब जिंदाबाद के नारे लगाये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है श्री कोविंद ने एक टवीट संदेश में कहा कि सौ वर्ष पहले आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानियों ने जलियांवाला बाग में कुर्बानी दी थी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवालाबाग नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है

श्री नायड्य ने स्मारक सिक्का और डाल टिकट भी जारी किया राम नवमी का पर्व आज देश के कई भागों में आस्था और श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है

लोअर सियांग जिले के लिकाबाली में आज से मालिनिथान मंदिर में चैत्र नवरात्र मेला शुरु हो गया है हर साल अप्रैल माह में आयोजित होने वाला चैत्र मेला सोलह अप्रैल तक चलेगा मान्यता के अनुसार रुकमणि हरण के बाद श्रीकृष्ण और रुकमणि ने यहां पर आकर रात्रि विश्राम किया था उस दौरान आदिशक्ति माता पार्वती ने रुप बदलकर उनका आदर सत्कार किया और फूलों की माला भेंट की भगवान श्रीकृष्ण ने माता पार्वती को पहचान कर उन्हें मालिनी कहकर संबोधित किया था तब से इस स्थान को मालिनी का निवास होने के कारण मालिनीथान के नाम से जाना जाता है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 आज का अधिकतम तापमान पैंतीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया